मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जन प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है

लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं दवारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे

सीएम उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हए प्रदेश के जनजीवन के अन्कूल सामुदायिक और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषय पर शोध करने को कहा है उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के लिए उनके स्तर पर क्या पहल हुई इस पर भी चिन्तन की जरूरत है म्ख्यमंत्री ने वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के कुलपति से क्षेत्र में स्थानीय लोग को उनकी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अन्कूल प्रशिक्षण पर ध्यान देने को कहा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आउटप्ट नहीं आउटकम पर विशेष ध्यान दे

इसके तहत भैंसियाछाना विकासखण्ड के धौलछीना क्षेत्र के बाजार को एक रंग में रंगा गया है अल्मोड़ा में कैंट क्षेत्र और थाना बाजार में यह काम पूरा हो चुका है यहां की पुरानी दीवारों में आर्ट के माध्यम से क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाया जा रहा है

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से एन ओ सी लेकर यह कार्य किया जा रहा है जिलाधिकारी ने बताया कि धौलछीना बाजार कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर है इसलिए इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है उन्होंने बताया कि यहां लोकल उत्पादों को भी महत्व दिया जाएगा ताकि लोगों की आय बढ़ सके मसूरी रोपवे म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून मसूरी रोप वे परियोजना राज्य के पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने आवास सचिव और एमडीडीए उपाध्यक्ष को इस परियोजना में आ रही कठिनाइयों के निराकरण और इसे जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिये सचिवालय में कल म्ख्यमंत्री के समक्ष पर्यटन से ज्ड़ी विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्त्तीकरण किया गया इस दौरान देहरादुन मसूरी रोपवे ऋषिकेश में प्रस्तावित पर्यटन योजनाओं के साथ ही मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में संचालित की जा रही योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून मसूरी रोप वे परियोजना राज्य के पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है और पर्यटन योजनाओं के कार्य जल्द श्रू किये जाए

आज मुख्यमंत्री ने नीति घाटी के जुमा में लगे टावर का वर्च्अल माध्यम से शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा से प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा इससे सीमांत क्षेत्रों में व्यापार उत्पाद और ऑनलाइन मैपिंग में भी लोगों को सुविधा होगी नीति घाटी में लगे टावरों से जुमा जेलम काजा गरपत लौंग टमक बकरांसु फागती तोलमा सुरई सूकी मल्लागांव और लाटा गांव के लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी

उन्होंने कहा कि जल्द सरकार बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य भी शुरू कर देगी बागेश्वर पहंचे सांसद टम्टा ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को रुके कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने को कहा ईगास बग्वाल पर्वतीय क्षेत्रों में आज ईगास बग्वाल और बूढ़ी दीवाली का पर्व मनाया जा रहा है

इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ ही गायों की पूजा भी की जाती है मवेशियों के लिए भात झंगोरा तैयार किया जाता है और तिलक लगाकर पूजा की जाती है घरों में नए अनाज भरने के लिए ये श्भ दिन माना जाता है इस पर्व की खास बात यह है कि दिये जलाने के साथ ही लोग रात के समय पारंपरिक भैलो खेलते हैं

इगास पर्व के दिन वर्षों से चली आ रही परंपराओं को निभाया जाता है देवभूमि में इस दौरान भैलो खेलने का रिवाज है जो खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने का माध्यम है

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान ने भी ईगास बग्वाल और ब्रूढ़ी दीपावली पर्व की श्भकामनाएं दी हैं मौसम अपडेट प्रदेश में चारधाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है चमोली जिले के बद्रीनाथ हेमकंड फूलों की घाटी औली रूपकंड रुद्रनाथ बेदिनी ब्ग्याल में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है उतरकाशी जिले के मुखबा हर्षिल समेत अन्य क्छ स्थानों में भी बर्फबारी हुई है कई जगह पारा शून्य से नीचे आ गया रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले के पिंडर घाटी की ऊंचाई वाले हिस्सों में भी बर्फबारी की सूचना है आज देहरादून हरिद्वार बागेश्वर अल्मोड़ा टिहरी चंपावत और नैनीताल में दिनभर बादल छाये रहे और शीतलहर चल रही है मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में उत्तरकाश चमोली रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हिमपात और तेज बारिश हो सकती है नेकी की दीवार हरिद्वार जिले की गंगनहर कोतवाली मित्र पुलिस ने बढ़ती सर्दी में निर्धन और असहाय लोगों की मदद के लिए नेकी की दीवार बनाई है इस दीवार पर लोग गर्म कपड़े और अन्य जरूरत की चीज़ों को रखते हैं जो गरीबों के काम आता है हरिद्वार एसएसपी ने रूड़की में जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने के लिए कम्बल भी वितरित किये

यह जानकारी हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने दी अगर कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हये पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धाल् हरिद्धार में गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं